फेथाई तूफान के असर से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार अधिकतर वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर अठारह प्रतिशत या उससे निचले स्लैब में लाना चाहती है मुम्बई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जीएसटी को और सरल बनाने की तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निन्यानवे प्रतिशत वस्तुएं उप अठारह प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रहे उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले पंजीकृत उद्यमों की संख्या केवल पैंसठ लाख थी जिसमें अब पचपन लाख तक की वृद्धि हुई है वहीं पुणे में एक समारोह को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता कारोबार को सुगम और जीवन को सहज बनाना है उन्होंने कहा कि देश में सम्पर्क विस्तार के लिए तेजी से काम जारी है राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे हवाई मार्ग अन्तर देशीय जलमार्ग का विकास तेज गति से किया जा रहा है केन्द्र सरकार ने एक हजार चार सौ इकतीस करोड़ रूपये की लागत वाली राज्य की दो राष्ट्रीय उच्च पथ सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है स्वीकृत की गयी योजनाओं में महेशख्र्ंट सहरसा पुर्णियां और बेगूसराय मुंगेर के बीच गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के दोनों ओर सम्पर्क पथों का निर्माण भी शामिल है राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इन दोनों राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जायेगा पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु दिसम्बर दो हजार बीस तक प्ररी तरह से चालू हो जायेगा गांधी सेतू के जीर्णोद्वार का काम तेजी से चल रहा है पश्चिमी लेन का काम मार्च दो हजार उन्नीस तक पूरा कर लिया जायेगा केन्द्र सरकार ने राज्य को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कृषि योजनाओं का तीस प्रतिशत लाभ हर हाल में महिलाओं को मिले कोन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री प्रूषोत्तम रूपाला ने बताया कि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण योजनाओं में तीस फीसदी बजटीय आवंटन महिलाओं के लिए करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनके सशक्तिकरण के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी डॉक्टर कुमारी आशा और पुत्र राहुल आनंद को तलब किया है ईडी ने अलग अलग तिथियों में दोनों को पटना स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है ब्रजेश ठाकुर के पुत्र को चौबीस दिसम्बर और पत्नी को छब्बीस दिसम्बर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये के कारण ही अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो यह बोझ हलका हो सकता है इसके लिए संबंधित अधिकारी को नियमानुसार काम करना होगा साथ ही अदालती आदेश का समय पर पालन करना होगा बिहार में दो हजार इक्कीस की जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है बिहार के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल पीके चौधरी ने बताया कि जनगणना के आरंभिक कार्य हो चुके है सूबे के गांवों की गिनती का काम अंतिम चरण में है गांव की गिनती प्ररी होने के बाद शहरों की गिनती शुरू की जायेगी केन्द्र ने तेरह अप्रैल दो हजार उन्नीस से जलियांवाला बाग नरसंहार की शताब्दी मनाने का फैसला किया है इस अवसर पर सालभर तक देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे संस्कृति राज्यमंत्री महेश शर्मा ने राज्यसभा में बताया कि शताब्दी समारोह के एक हिस्से के रूप में अमृतसर में जलियांवाला बाग का जीर्णोद्वार किया जाएगा इस पर बारह करोड़ रूपए की लागत आएगी बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फेथाई के असर से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई जिसके चलते लोगों को कनकनी महसूस होती रही मौसम विभाग ने बताया कि अगले छत्तीस घंटों के दौरान आद्रता बढ़ने के कारण रात में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है हालांकि फेथाई तूफान का असर कम होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में आज धूप खिलने के आसार हैं ठंड को देखते हुए पटना में आठवीं तक के स्कूलों को सुबह साढ़े नौ बजे से संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है वहीं सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों का संचालन सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक करने का निर्देश दिया है ठंड बढ़ने से अस्पतालों में हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक और लकवा के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है डॉक्टरों ने ठंड से बचने और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने को कहा है पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर केवल डिप्लोमाधारी ही बहाल किये जाने योग्य हैं बीटेक डिग्रीधारी इंजीनियरों को भी इस पद के लिए आवेदन देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हये उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया पटना जंक्शन से झाझा जाने वाली सवारी गाड़ी पटना झाझा मेमो को उन्नीस से अठाईस दिसम्बर तक रद्द कर दिया गया है साथ ही कटिहार पटना कटिहार इंटरसिटी पटना के बजाय बरौनी तक ही चलेगी नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पटना से बख्तियारपूर होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है सीबीएसई ने कदाचार मुक्त परीक्षा और प्रश्नपत्र को लीक होने से बचाने के लिए दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में छोटे शहरों को केन्द्र नहीं बनाने का फैसला किया है इन शहरों के परीक्षार्थियों के लिए पास के बड़े शहरों में परीक्षा कोन्द्र बनाये जायेंगे सीबीएसई परीक्षा की तिथि जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित की जायेगी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य से मैच खेलने का प्रयास करने वाले जमुई जिले के दो खिलाड़ी पुनीत मल्लिक और सुमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है पुनीत मल्लिक बिहार के नवगठित रणजी टीम के सदस्य थे संघ इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है नगर विकास और आवास विभाग छपरा सहित राज्य के पांच शहरों का मास्टर प्लान जल्द जारी करेगा छपरा के अलावा दरभंगा पुर्णियां मुंगेर और बेगूसराय का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में गठित दस सदस्यीय समिति की बैठक आज राजभवन सभागार में होगी गया मूजफ्फरपूर समस्तीपूर कटिहार पटना वैशाली भोजपूर और बेगूसराय जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में दस लोगों की मौत हो गयी जबकि पचास अन्य घायल हो गये भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज मुहल्ला में छह की संख्या में आये डकैतों ने सेवानिवृत शिक्षक के घर पर डाका डालकर दस लाख रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली मूंगेर जिले के कासिमबाजार थाना क्षेत्र के मकससपूर गांव से पूलिस ने एक घर पर छापेमारी कर पांच अद्धनिर्मित पिस्तौल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने राज्यमंत्रिमंडल के फैसले पर लिखा है आर ब्लॉक से दीघा के लिए छह लेन की सड़क को मिली मंजूरी दैनिक जागरण की खबर है आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा पैंतालीस सौ रूपये मानदेय अखबार की एक अन्य सुर्खी है नीदरलैंड्स की तकनीक से हाई टेक बनेंगे बिहार यूपी के पीपापुल दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज से मौसम साफ रहेगा पर गिरेगा पारा बढ़ेगी ठंड प्रभात खबर ने गुमशुदा बच्चों पर अपनी खबर में लिखा है प्रलिस की तलाश अध्री बच्चे की चिंता में कट रही मां की पूरी रात

फेथाई तूफान के असर से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा